देशभर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है

इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के दो पहलू है और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने जो सम्मान और मूल्य अर्जित किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं श्री कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों की मजबूती और आपसी तालमेल सहकारी संघवाद की दिशा में भारत की यात्रा में संविधान की गतिशीलता का उदाहरण है बाइट भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता है यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदगम भी है और आदर्श भी

भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यही हमारे संविधान की खूबी भी है बाइट आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवप्र्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के विकास में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है बाइट हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यवता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्प का शंखवाद है इसलिए पवित्र भी है

उन्होंने डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया

इसमें संविधान की प्रस्तावना और उसके बुनियादी कर्तव्यों पर चर्चा की गई

अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होते तो लोगों को सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोकतंत्र की पृष्ठभ्मि पर आधारित है जहां सभी को समान अवसर प्राप्त है राज्यपाल ने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है सरकारें संविधान के उददेश्य और कर्तव्यों का सफलतापूर्वक पालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभती है संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान लचीला है जिसे जरूरत और लोगों के कल्याण के अनुसार संशोधित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि चार शब्द न्याय स्वतंत्रता समानता और भाईचारा लोगों को अधिकार दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र गहरी जड़े जमा चुका है और हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है

अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है

भारत का कानून जम्मू कश्मीर के अन्दर जिस रूप में लागू होगा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और जम्मू कश्मीर के विकास के लिये जो कार्य योजना बनी है वह सचमूच जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग बनाने की उप परिकल्पना को साकार होने में अब देर नहीं लगेगी और प्रत्येक भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ऐतिहासिक कदमों की ओर बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि आज सत्ता गरीबों के कल्याण के लिये समर्पित है मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा ने राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास कर दिया जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर दी गई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

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा एक जिला एक उत्पाद योजना क तहत प्रदेश भर मं कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जायेगा

उन्होंने बताया कि आगामी नौ दिसम्बर से सत्ताईस दिसम्बर तक पूरे प्रदेश में ऋण शिविर का आयोजन किया जायेगा राष्ट्र मुम्बई आंतकी हमले के ग्यारह वर्ष पूरे होने पर आज शहीदों को याद कर रहा है

दक्षिण मुम्बई के मरीन लाइन्स में पुलिस स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य सचिव अजय मेहता पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल मुम्बई के पुलिस आयुक्त संजय बरवे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीदों के परिजन शामिल थे